भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कल से पिथौरागढ़ में होगा शुरू

मुख्यमंत्री ने सफल विद्यार्थियों को दी बधाई प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के चलते गर्मी से राहत पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम हआ सुहावना

नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिये मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना कई गुना रोजगार बढ़ाने का काम कर रही है

श्री मोदी ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को लोगों को भी आसानी से ऋण मिला है पत्रकार वार्ता वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार का लक्ष्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहंचाना है उधमसिंह नगर के रूद्रपुर में केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार समाजिक सौहार्द को बढ़ाकर सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है

इस दौरान वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया उन्होंने यह भी बताया कि उड़ान योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ गौचर चिन्यालीसोंण धारचूला अल्मोडा नैनीताल और रामनगर के लिए सस्ती हवाई सेवाओ को प्रारम्भ करने की मंजूरी मिल गई है कार्यशाला पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज जयहरीखाल में आज चीड़ की पत्तियों से विद्यत उत्पादन नीति के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में दूर दूराज के क्षेत्रों से आर्य ग्रामीणों ने हिस्सा लिया ग्रामीणों को वीडियो स्लाइड के माध्यम से पिरूल से होने वाली हानियों और उसके लाभ के बारे में बताया गया इस अवसर पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि चीड़ की पत्तियों का प्रयोग बिजली बनाने में करने से जंगलों में लगने वाली आग को रोका जा सकेगा उरेडा के निदेशक आलोक शेखर तिवारी ने कहा कि भविष्य में उरेडा वैकल्पिक संसाधनों से ऊर्जा का उत्पादन करने का प्रयास करेगा जिससे पर्यावरण पर अनावश्यक बोझ न पड़े गौरतलब है कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार चीड़ की सुखी पत्तियों से ऊर्जा उत्पादन की योजना पर काम कर रही है राज्य सरकार चीड़ की सूखी पत्तियों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के अलावा तारपीन का तेल और बायोफ्यूल बनाने के लिए करने जा रही है पिरूल से तारपीन का तेल और उसके कचरे से बायोफ्यूल बनाने के लिये देहरादून स्थित प्रतिष्ठित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान राज्य सरकार का सहयोग करेगा सैन्य अभ्यास पिथौरागढ़ में कल से भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है

स्र्य किरण नाम का यह सैन्य अभ्यास हर दो साल में एक बार संचालित किया जाता है भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किये जाने वाले प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रंखला में नेपाल के साथ होने वाला सूर्य किरण अभ्यास सैनिकों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा है इस अभ्यास का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर विशेष जोर देते हुए बटालियन स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण संचालित करना है अभ्यास के दौरान आपदा प्रबंधन और राहत देने के लिए संयुक्त और ठोस प्रयास के पहलूओं को भी शामिल किया गया है जीएसटी केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछले साल जुलाई में लागू जीएसटी कानून में किसानों से संबंधित कराधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कृषि वानिकी मत्स्य और पश्पालन जैसी संबंधित सेवाओं को वस्तु और सेवाकर से मुक्त रखा गया है दुर्घटना चमोली जिले की पोखरी तहसील में क्जासू मोटर मार्ग पर आज एक कार के खाई में गिरने से उसमें सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य घायलों हो गए घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में किया जा रहा है

प्रदेश की दो छात्राओं ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने परीक्षा परिणामों में सफल छात्र छात्राओं उनके शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि परीक्षा में सफल विद्यार्थी अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे श्री रावत ने कहा कि अपेक्षानुसार परिणाम प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों को भी निराश होने की आवश्यकता नही है उन्होंने छात्रों से और अधिक संकल्प के साथ आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जूट जाने का आहवान किया है पूर्णिमा स्नान प्रुषोत्तम मास की पूर्णिमा के मौके पर आज हरिद्वार के गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही स्नान के बाद श्रद्वालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की सुबह से ही हर की पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर श्रद्वालुओं की भीड़ जमा होना शुरू हो गई थी गंगा स्नान के साथ ही श्रद्वाल घाटों पर कर्मकांड संपन्न कराते भी नजर आए जिले के माया देवी मनसा देवी चंडी देवी दक्षेश्वर महादेव आदि मंदिरों में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही अन्य दिनों के मुकाबले सड़कों पर अधिक वाहनों की आवाजाही के चलते हाईवे पर वाहनों का दबाव भी बढ़ा जिससे जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही अत्यधिक गर्मी के कारण यातायात नियंत्रित करने में पुलिस कर्मियों को भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे इस बीच मुख्यमंत्री त्रियेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आयेंगे श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड के प्रति प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के मन में विशेष स्नेह है मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आज बारिश होने के समाचार मिले हैं राजधानी सहित पौड़ी उत्तरकाशी चमोली रूद्रप्रयाग नैनीताल अल्मोडा बागेश्वर चम्पावत और पिथौरागढ से दोपहर के बाद बारिश होने की सुचना प्राप्त हई है हमारी अल्मोड़ा प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में मध्यम हवाओं के साथ तेज बारिश होने के चलते मौसम सुहावना हो गया है वहीं पिथौरागढ और चमोली जिले में भी तेज बारिश हई है हमारे चमोली प्रतिनिधि ने बताया कि पुरे जिले में वर्षा हो रही है और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो रहा है उधर चारधाम यात्रा मार्ग पर भी हल्की बारिश होने की जानकारी मिली है

राज्य के कुछ हिस्सों में इस दौरान हल्की बारिश हो सकती है मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश होती रहेगी फूलों की घाटी विश्व धरोहर फूलों की घाटी शुक्रवार यानि पहली जून को पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी फूलों की घाटी को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि फूलों की घाटो मे अभी भी कहीं कहीं हल्की बर्फ दिखाई दे रही है इसके अलावा यहां जगह जगह पर हिमखंड मौजूद हैं जिन्हे काटकर यहां जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है गौरतलब है कि फूलों की घाटी सतासी दशमलव पांच वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मे फैली हुई है

यहां दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु वनस्पतियां और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं